इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे इससे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन के उत्पादन से इन अस्पतालों और जिलों की चिकित्सकीय ऑक्सीजन की प्रतिदिन मांग को पूरा किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त बाहर से मिलने वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में बनने वाली ऑक्सीजन की पूरक होगी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में काफी बढोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है

इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते है

इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस संबंध में घोषणा की श्री गहलोत ने कहा कि वैक्सी निर्माता कम्पनियों को राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया है

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम बखूबी किया जा रहा हैं इसके चलते राजस्थान वैक्सीनेशन में देश में दूसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ प्रदेश को जीरो कॉस्ट हैल्थ सिस्टम वाले राज्य के रूप में विकसित कर रही है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने युवाओं से अगले चरण में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की है

इनमें राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है इनके साथ एक एक सहायक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए है जो कि कोविड प्रबंधन के बेहतरीन संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग करेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य के मंत्रियों सांसदो और विधायकों से प्राप्त समस्याओं तथा परिवेदनाओं के निराकरण के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के शासन सचिव एन एल मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है कोविड संक्रमित मृतकों के प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय निकाय विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा को नोडल अधिकारी बनाया गया है चिकित्सा सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता मांग तथा आपूर्ति के लिए दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार ब्लेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश

इस पोर्टल पर प्रत्येक होस्पिटल के जिला स्तर पर इंचार्ज और संबंधित जिले के प्रभारी तथा कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर भी उपलब्ध कराये गये हैं